इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें विश्व जल दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी से जल का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने और इसके संरक्षण के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी से आग्रह किया है कि वे जल स्रोतों को संरक्षित रखने के प्रयास करें उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री के कैच द रेन अभियान में शामिल होना चाहिए कोरोना स्कूल कॉलेज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों और आंगनबाडी केन्द्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा यह आदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ ही निजी स्कूलों पर भी लागू होगा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑफलाइन मोड में ही होंगी इसके अलावा राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक आईटीआई और कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है इस बीच राज्य के संस्कृति विभाग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी नये सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है संचालक संस्कृति ने बताया कि विभाग द्वारा अन्य संस्थाओं को प्रायोजित कार्यक्रमों और आयोजनों की नई स्वीकृति आगामी आदेश तक प्रदान नहीं की जाएगी कोरोना समाचार इस बीच दुर्ग जिला प्रशासन ने भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है वहीं विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पहले जारी किए गए सभी अनुमति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं डीजे के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है इस सिलसिले में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने आज विभिन्न विभागां के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली बैठक में उन्होंने कोरोना गाईडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए पुलिस और निगमकर्मियों की एक मोबाइल यूनिट सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना निकलने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी डॉक्टर भूरे ने जिला चिकित्सालय में कोरोना मरीजों के लिए सत्तर बिस्तरों की सुविधा तैयार करने को कहा

इधर राज्य में न केवल कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है बल्कि मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है पिछले सप्ताह बयालीस व्यक्तियों की कोविड से मृत्यु हुई है इनमें सबसे अधिक ग्यारह ग्यारह लोगों की मृत्यु रायपुर और दुर्ग जिले में हुई है वहीं प्रदेश में कल एक हजार नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीन लाख चौबीस हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में आठ हजार चार सौ बयालीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है केन्द्र कोविशील्ड केंद्र सरकार ने टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श समूह एनटीएजीआई और कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल एनईजीवीएसी की सिफारिश के आधार पर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह करने के बारे में लिखा है दो खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का यह फैसला सिर्फ कोविशील्ब्ड टीके पर लागू होगा और को वैक्सीन पर लागू नहीं होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें मान ली हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को तदनुसार निर्देश दें कि वे संशोधित खुराक अंतराल के बारे में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं श्रमिक न्यूनतम वेतन प्रदेश में पैंतालीस अनुसूचित नियोजनों कृषि नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई हैं बीते एक अप्रैल से आगामी सितंबर तक अकुशल अर्द्व कुशल कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित अलग अलग श्रेणी में न्यूनतम मूल वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा निर्धारित दरों के अनुसार अक्शल श्रमिक को प्रतिमाह नौ हजार सात सौ बीस रूपये अर्द्व क्शल श्रमिक को दस हजार तीन सौ सत्तर रूपये कुशल श्रमिक को ग्यारह हजार एक सौ पचास रूपये और उच्च कुशल श्रमिक को ग्यारह हजार नौ सौ तीस रूपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा

रायपुर में सखी फाउंडेशन द्वारा आयोजित वीरांगना सम्मान समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महिलाओं को सम्मानित किया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आज सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवॉर्ड भूलन द मेज को मिला है संजीव बख्शी के उपन्याय भूलन कांदा पर आधारित इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा है

इस बार फिल्म पुरस्कारों की घोषणा एक साल की देरी से की गई है पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते ये पुरस्कार घोषित नहीं किए जा सके थे वहीं इन पुरस्कारों में फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का अवॉर्ड मिला है जबकि अभिनेत्री कंगना रनावत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है

जय व्यापार पैनल के उम्मीदवार अमर परवानी चैंबर के नये अध्यक्ष बने हैं इस चुनाव में श्री परवानी ने एकता पैनल के उम्मीदवार योगेश अग्रवाल को उन्नीस सौ अंठावन वोटों से हराया जय व्यापार पैनल ने इस बार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रमुख पदों पर जीत हासिल की है जय व्यापार पैनल के उम्मीदवार अजय भसीन को प्रदेश महामंत्री और उत्तम गोलछा को प्रदेश कोषाध्यक्ष चुना गया है पदस्थापना राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों को नई पदस्थापना दी है इसके साथ ही चार जिलों रायगढ़ नारायणपुर सूरजपुर और महासमुंद की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बदला गया है वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है दुर्ग नगर पालिका निगम में आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे प्रकाश कुमार सर्वे को अब इस पद पर पूर्णरूपेण पदस्थ कर दिया गया है वहीं योगिता देवांगन चिरमिरी की निगम आयुक्त और धनराम मरकाम को बेमेतरा के डिप्टी कलेक्टर का प्रभार सौंपा गया है माओवादी गिरफ्तार बीजापुर जिले के कुटरू मिरतुर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित पांच माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है एसटीएफ और जिला पुलिस बल की टीम ने कार्रवाई के दौरान माओवादियों द्वारा खुर्रेपाल चेरली में बनाए गए दो स्मारकों को भी ध्वस्त किया साथ ही घटनास्थल से विस्फोटक भी बरामद किया गया गिरफ्तार माओवादियों पर सहायक आरक्षक की हत्या सहित कई अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है बीजापुर जिले के ही गंगालूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से टिफिन बम सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है वहीं इसी जिले के फरसेगढ़ मार्ग पर पाईप लाईन बिछाने के काम में लगे दो वाहनों में माओवादियों ने आग लगा दी इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक स्थित छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के सावर गांव से एक फरार वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के अनुसार यह माओवादी एक वारदात के बाद बीते करीब बीस वर्षों से फरार था पुलिस स्पष्टीकरण छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक भर्ती के परिणाम पांच अप्रैल को जारी करने संबंधी सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र को फर्जी बताया है पुलिस मुख्यालय ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी पत्र आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फर्जी पत्र जारी करने संबंधी मामले की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी मिली जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुलिस मुख्यालय के नाम से एक पत्र जारी कर आरक्षक भर्ती के परिणाम आगामी पांच अप्रैल तक वेबसाइट पर अपलोड करने की झूठी खबर फैलाई जा रही है

बीती रात खेला गया फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा जिसमें इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को चौदह रनों से हराया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली अमृतसर उधमपुर पटना और निजामुद्दीन की ओर जाने वाली चार स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है कोंडागांव जिले के फरसगांव में अनुसूचित जनजातियों के शिकायतों और निराकरण के लिए कल शिविर लगाया जाएगा जांजगीर चांपा जिले में डभरा के लक्ष्मणभाटा गांव के पास एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से सात लोग घायल हो गए हैं कवर्धा में गन्ना खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है भिलाई नगर थाना क्षेत्र के उमदा रोड स्थित एक साबुन फैक्ट्री में कल शाम आग लग गई इस आगजनी में लाखों रूपये का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है

इनके पास से करीब अड़तीस किलो गांजा जब्त किया गया है

इनके पास से दो सौ इंक्यानवे मवेशी बरामद किए गए हैं